प्रदेश में जल्द ही एक हजार कॉलेज शिक्षकों की भर्ती पूरी की जायेगी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रशंसा की है

उन्होंने आरटीई में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय सीमा को एक लाख रूपये की राशि से बढ़ा कर ढाई लाख रूपये करने की भी घोषणा की उन्होंने विद्यालयों में खेलकृद गतिविधियों के लिये दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढाने की घोषणा की है

इन कॉलेजों में इसी सत्र में प्रवेश प्रारंभ कर चालू किया जाएगा

विधानसभा में संस्कृत और तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने कहा कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के विकास के लिए इसे केवल संस्कृत शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा विश्वविद्यालय के विकास के लिए आय्ष आयुर्वेद योग शिक्षा तथा वेद विज्ञान को भी इससे जोड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में संस्कृत शिक्षा और संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने तथा संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए लगातार समीक्षाएं की जा रही हैं उन्होंने कहा कि सरकार के जन घोषणा पत्र के अनुरूप वैदिक संस्कार शिक्षा बोर्ड के लिए भी एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जा रही है

कला और संस्कृति मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने कहा कि जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल यानि पुरानी विधानसभा में एक विश्वस्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय बनाये जाने की बजट घोषणा को धरातल पर लाने के लिए जल्द ही कार्ययोजना बनायी जाएगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाल साहित्य के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की स्थापना की जाएगी

इससे खिलाड़ियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस पर वह अपना प्रदर्शन दिखाकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहंच सकेंगे खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कल विधानसभा में शिक्षा कला और संस्कृति विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि बजट में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना देश प्रदेश में राज्य का नाम रोशन करने वाली खेल प्रतिभाओं के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है उन्होंने कहा कि विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार राजस्थान गेम्स इस साल प्रदेश और जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे अगले वर्ष से इन्हें पंचायत समिति स्तर पर शुरू किया जाएगा

बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि हाल ही आंधी के साथ जिले के सीमावर्ती इलाकों में टिड्डियों के हमले के बाद इन पर नियंत्रण की कार्यवाही की गयी

इसके बाद कृषि विभाग ने जिले के प्रभावित गांवों में टिड्डी नियंत्रण का काम शुरू कर दिया है

एजेंसी ने कहा है कि यह पर्यावरण और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है

एक ट्वीट में उन्होंने लोगों से नमो एप पर विशेष रूप से बनाये गए ओपन फोरम में अपने विचार भेजने को कहा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये विचार और सुझाव लाल किले की प्राचीर से एक सौ तीस करोड़ भारतीयों द्वारा सुने जायेंगे

रैली को उप महानिरीक्षक गुरूपाल सिंह और पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा तथा कमाडेंट श्याम कपूर ने झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर बीएसएफ के कई अधिकारी और जवान मौजूद रहे